मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले एक साल के दौरान प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए ठोस उपाय किये हैं

उन्होंने कहा किसी भी राज्य में परिवर्तन और विकास के लिए एक साल की अवधि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कम समय और सीमित साधनों के बावजूद प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करने की चुनौती को मौजूदा सरकार ने शपथ ग्रहण के साथ ही स्वीकार किया श्री योगी ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्पना को साकार करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किये गये कामों और विकास योजनाओं पर अगर निगाह डाली जाये तो पिछले एक साल के दारान उत्तर प्रदेश का नवोत्कर्ष हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कार्यशैली से लोगों का नजरिया बदला है और पिछले महीने लखनऊ में सम्पन्न यूपी इन्वेस्टर्स समिट इसका ताजा उदाहरण है उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में दश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों के शामिल होने से यह बात साबित हो गई है कि प्रदेश का माहौल बदला है और यहां लगभग हर क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनायें मौजूद हैं राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अवस्थापना सुविधाओं के विकास को वरीयता दे रही है लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा का संचालन श्रू कराया गया है कानपुर मेरठ और आगरा में मेट्रो रेल सेवा की डीपीआर तैयार है वाराणसी इलाहाबाद गोरखपुर और झांसी की मेट्रो परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की नई नीतियों के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस साल लगभग नौ लाख बेघर परिवारों के आवास मंजूर किये गये हैं महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा देने के साथ साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनायें संचालित हैं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत प्रदेश में पैसठ लाख गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिये गये हैं उन्होंने कहा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार बिजली की निर्बाध सप्लाई की जा रही है पचास हजार से अधिक मजरों को विद्युतीकृत किया जा चुका है तथा पच्चीस लाख से ज्यादा निधन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिये गये ह श्री योगी ने कहा राज्य सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति और कड़ी कार्रवाई से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हई है प्रदेश की भाजपा सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में कल लखनऊ के लोकभवन में एक भव्य समाराह का आयोजन किया जा रहा है एक साल नई मिसाल की थीम पर आयोज्य इस कार्यकम में राज्यपाल रामनाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित भाजपा प्रदश अध्यक्ष महेन्द्रनाथ पाण्डेय सहित कई मंत्री सांसद और विधायकगण भाग लेंगे इस आयोजन के बारे में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शूक्ला ने आकाशवाणी को बताया कल उन्नीस मार्च दो हजार अट्ठारह को योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक साल प्ररा हो रहा है इस एक साल पूरा होने पे हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने रखेंगे कि साल भर में हमने क्या किया है जनता के लिए जो हमने वादे किये थे चुनाव के समय में संकल्प पत्र में जो हमने कहा था उसको हमने कितना पूरा किया है गांव गरीब किसान के लिए नौजवान के लिए महिलाओं के लिए हमने क्या किया है

केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार दश के किसानों के हितों और कृषि क्षेत्र की उन्नति के लिए ठोस उपाय कर रही है वह आज नई दिल्ली में आयोजित कृषि उन्नति मेले के समापन समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए नरेन्द्र मादी सरकार के प्रयासों के उत्साहवर्धक परिणाम आना शुरू हो गये हैं श्री सिंह ने कहा किसानों का हित सरकार की प्रमुख वरीयताओं में शामिल है उन्होंने कहा कि हर साल कृषि क्षेत्र के लिए बजट प्राविधानों में बढ़ोत्तरी की जा रही है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

आज से वासंतिक नवरात्रि और हिन्दू नवसंवत्सर का शुभारम्भ हो गया है इस पावन पर्व पर समूचे प्रदेश में शक्तिपीठों और देवी मन्दिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और श्रद्धालु पूजा अर्चना तथा धार्मिक अनुष्ठान में लीन हैं सभी प्रसिद्ध देवी मन्दिरों और शक्तिपीठों को सुन्दर और आकर्षक ढंग से सजाया गया है इस अवसर पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं इस दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छह सौ पचास से ज्यादा जुलूसों और शोभा यात्राओं सहित महत्वपूर्ण शक्तिपीठों और मन्दिरों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है मिर्जापुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्यवासिनी देवी धाम में कलश स्थापना के साथ नवरात्रि मेला शुरू हो गया है इस पारंपरिक मेले में देश विदेश से तकरीबन तीस लाख श्रद्धालुओं के विन्ध्याचल पहुंचने की संभावना है इस बारे में हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट मॉ विन्ध्यवासिनी की जय जयकारों के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्यांचल में वासन्तिक नवरात्रि मेला प्रारम्भ हो चुका है भोर में जैसे मन्दिर के कपाट खुले समूची विन्ध्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ मां के जय जयकारे से ग्रॅज उठी कल देर रात्रि से ही श्रद्धालुओं के धाम में पहुंचने का सिलरिला अभी भी जारी है

लोग मॉ विन्ध्यवासिनी देवी का दर्शन कर मॉ अष्टभूजा मॉ काली व मॉ तारा देवी दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिकमा पूरी कर रहे हैं विन्ध्य नगरी में पहली बार श्रद्दालुओं को त्रिकोण परिकमा के लिये विरोष रोडवेज बसे चलायी गई हैं इस बार भी मेले में सुरखा के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जा रही है नवरात्रि भर दर्शनार्थियों के लिए मन्दिर बीस घण्टे खूला रहेगा मंगला आरती के लिये मोर में तीन से चार दोपहर में बारह से एक शाम को सात पन्दह से आठ पन्दह और रात में साढ़े नौ से शाढ़े दस बजे तक एक एक घंटे के लिये मन्दिर का कपाट बंद रहेगा नवरात्रि तक मॉ के चरण स्पर्ष पर पाबंदी लगाई गई है

बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ में भी नवरात्रि पूजन का कम जारी है इस अवसर पर यहां एक माह तक चलने वाले पारम्परिक मेले की भी शुरूआत हो गयी है एक रिपोट जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ में प्रातः काल से ही श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर दर्शन पूजन कर रहे हैं देश की इक्यावन पीठों में से एक इस सुप्रसिद्ध आदि मॉ पाटेश्वरी देवीपाटन में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओ के आने का सिलसिला जारी है पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी तादाद में भक्तजन यहां पहुंच रहे हैं

सीसीटीवी कैमरों के जरिये शक्तिपीठ के आस पास के क्षेत्र पर पैनी नजर रखी जा रही है राम कुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर शिवनगरी वाराणसो में नवसंवत्सर का खासा उत्साह दिखायी दिया लोगों ने काशी के गंगा घाटों पर नये वर्ष का उल्लासपूर्वक स्वागत किया और साथ ही देवी मन्दिरों में आराधना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी नगर के कज्जाकपुरा में माता शैल पुत्री देवी के मन्दिर में कतारबद्व होकर लोग विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं रामनगरी अयोध्या में श्रीराम जन्मोत्सव और देवी आराधना का उल्लास है राम जन्मोत्सव के अवसर पर राम जन्मभूमि मन्दिर सहित शहर के अन्य मन्दिरों में रामलला का श्रगार किया गया मथुरा इलाहाबाद जौनपुर और हमीरपुर सहित अन्य जिलों में भी देवी मन्दिरों में धार्मिक अनुष्ठानों का कम जारी है

स्थानांतरित किये गये भारतीय पुलिस सेवा के तैतालिस अधिकारियों में गोरखपुर बस्ती गोण्डा प्रतापगढ़ सन्तकबीरनगर कुशीनगर देवरिया इटावा और मथुरा सहित बाइस जिलों के पुलिस प्रमुख भी शामिल हैं गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज को हटा कर महत्वहीन पद पर भेजा गया है पिछले दिनो सोशल मीडिया पर पुलिस वसूली से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह को भी हटा दिया गया है

डीसीए लखीमपुर के गेंदबाज हिमांशु आनन्द ने छह विकेट लेकर अपनी टीम की जीत आसान की उन्हें मैन ऑफ द मैच के सम्मान से समाजसेवी अशीर किदवाई ने सम्मानित किया